विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याषी के पक्ष में रैलियों और जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेष के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर कृषीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किषन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉग्रेस नेता आरपीएन सिंह षामिल हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के बलिया में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को गरीब महिलाओं सहित सभी का समर्थन मिल रहा है विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा हमेशा जाति की राजनीति करती रही हैं परन्तु लोग अब इस बात को जान गए हैं और सतर्क हो गए हैं उन्होंने कहा कि वे लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां पिछड़ेपन में रहें उन्होंने लोगों को विष्वास दिलाया कि वह गरीबों का आत्मविष्वास बढ़ाने के लिये हमेषा खड़े है उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में रेल और सड़क संपर्क में सुधार आया है और इस दिशा में काम जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के बरहज में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच वर्श तक बिना अवकाष लिये बिना झुके और बिना रूके विकास का कार्य किया है वह देष की सेवा करते हैं और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल समाज को बांटने का कार्य कर रही हैं श्री योगी ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन चुनाव परिणाम आने के बाद समाप्त हो जायेगा कॉग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज महराजगंज के फरेन्दा में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार ने देष को बर्बाद करने का कार्य किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक ्वर्श दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था जिसमें वह पूरी तरह असफल रहे हैं उन्होंने आष्वस्त किया कि अगर कॉग्रेस की सरकार बनती है तो तेईस लाख लोगो को रोजगार दिया जायेगा बहजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की नाव डूब रही है इसका जीता जागता प्रमाण है कि भारी जन विरोध को देखते हुये स्वयंसेवक संघ ने भी उनका साथ छोड़ दिया है संघ के सेवक चुनाव में कहीं भी नजर नही आ रहे हैं सुश्री मायावती आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि देष को अब साफ सुथरी छवि का प्रधानमंत्री चाहिये प्रदेष के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेष्वर लू ने कहा है कि जहां जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूरी तत्परता से काम हुआ है उन क्षेत्रों में मतदान प्रतिषत पांच से दस प्रतिषत तक बढ़ा है श्री लू आज देवरिया में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिये कई तरह के अभियान चलाये हैं ईवीएम मषीन पर उठाये जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर जितनी भी षिकायतें है वह भ्रामक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि काशी ने उनके राजनीतिक और निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है नरेन्द्र मोदी ऐप द्वारा वाराणसी के लोगों को भेजे संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोग उनके करीब हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा है कि विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण ज़रूरी है संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक व्यापार का अगुवा होना चाहिए और सभी सदस्य देशों के विकास में मदद करनी चाहिए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस संगठन में मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने चाहिए प्रदेष में हयी अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में आज छः लोगों की मृत्यू हो गयी जबकि आठ अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये आम्बेडकरनगर जिले के सम्मनपुर क्षेत्र में खपुरा के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गयी जिससे उसमें सवार एक महिला सहित चार लोगों की मृत्यु हो गयी द्र्घटना में मोटरसाइकिल सवार गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है सोनभद्र के म्योरपुर में एक पिकप वाहन के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि सात अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है